प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आश्वासन दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा उन्होने कहा कि सरकार गतिरोध दूर करने के लिए अभी भी किसान प्रतिनिधियों के साथ आगे की बातचीत के लिए तैयार है

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ूर्व प्रदेशाध्यक्ष व दम भूषण से सम्मानित दर्शन लाल नैन ांच तत्व में विलीन मुख्यमंत्री ने श्रद्धासम्न अर्थित किये

कोविड वैक्सीन प्रेरी तरह स्रक्षित है याद रखना दवाई भी और कड़ाई भी यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क हनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है

श्री मोदी आज राष्ट्र ति के अभिभाषण र चर्चा का जवाब दे रहे थे

सरकार ने किसान रेल और किसान उड़ान योजना शुरू की है ताकि किसान की बढ़ी और ज्यादा मुनाफा देने वाली मंडियो तक हंच सकें प्रधानमंत्री ने गरीबो और किसानें के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हये कहा कि प्रत्येक सरकार ने कृषि क्षेत्र ने स्धारों की बात की है और अब राजनीतिक लाभ लेने के लिए यू र्टन ले लिया है उन्होंने कहा कि श्र्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इसी तरह कृषि सुधारों की वकालत की थी श्री मोदी ने कहा कि हले कई राज्य सरकारों ने अ ने राज्यों में ऐसे सुधार लागू किये है उनहोंनें कहा कि जब क्रांतिकारी सुधार होते है तो मतभेद होना स्वाभाविक है हरित क्रांति की शुरूआत के समय भी आंदोलन होते थे लेकिन इस क्रांति ने देश को अनाज को लेकर आत्मनिर्भर बनाया

उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए सस्ते राशन की योजना भी जारी रहेगी श्री मोदी ने छोटे किसान के शिकवे दूर करने के लिए सांझी हूंच अ नाने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने ने विचारों की सृजनात्मक आलोचना का स्वागत किया और साथ चौक्कना किया कि प्रगतिवादी सुधारों के लगातार विरोध से किसान बहत दे से जरूरी अधिकारों से वंचित हो जायेंगे कृषिा मंत्री की आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत की जिक्र करते प्रधानमंत्री ने कहा सरकार गतिरोध दूर करने के लिए अभी भी बातचीत के लिए तैयार है धरना स्थलों र ब्ज्र्गा और बच्चों बारे चिंता व्यकत करते हये श्री मोदी ने उन्हें घर लौट जाने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों विशेषकर ंजाब के किसानों को आंदोलन में गुमराह किया गया है जाबियो की बहादुरी और बलिदान की बात करते हये उन्होंने कहा कि राष्ट्र ंजाब और ंजाब के लोगों का सम्मान करता है

क्छ विदेशी नागरिकों दवारा की गई योजनाबद्ध भ्ड़काऊ गतिविधियां का जिक्र करते हये उन्होंने सबको विदेशी विध्वंसक विचारधाराओं से बचने को कहा

उन्होंने कहा कि इन दिनों में मिली च्नौतियों ने भारत की आत्म निर्भर होने की वचनबद्धता को मज़बूत किया है

राष्ट्र ति राम नाथ कोविंद ने आज राष्ट्र ति भवन में ूर्व राष्ट्र ति डॉ जाक्विर हसैन की जयंती र उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की

फरीदाबाद में टीकाकरण अभियान के दस्रे चरण में श्रूआत स्वास्थ्य एवं गृह विभाग के अतिरिक मुख्यसचिव राजीव अरोड़ा ने की

इस अवसर प्र टीकाकरण अभियान का निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेकशक डॉ जे एस अग्रवाल हंचे उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों र संतोष जताया इस मौके र श्री यादव ने सभी कर्मचारियों को टीका लगवाने की अपील की

जिले में लगभग साढ़े तीन हजार कोरोना योद्धाओं को टीका लगाने का लक्ष्या रखा गया है

यमुनानगर जिले में आज नगर निगम कार्यालय में निगम के कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया

ग्रूग्राम में नगरनिगम आय्क्त के अलावा नगर निगम के अन्य अधिकारियों ने भी कोविड का टीका लगवाया

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के र्व प्रदेशाध्यक्ष व दमभूषण से सम्मानित दर्शन लाल का आज यमुनानगर में देहांत हो गया

हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतिम संस्कार के समय के हंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धास्मन अर्थित किये